उन्होंने कहा कि सरकार कम लागत में ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों की हरसंभव सहायता कर रही है उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को उनके उत्पाद को इच्छानुसार कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देते हैं मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में मिशन किसान कल्याण के तहत आयोजित प्रदर्शनी और किसान मेले का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित किसानों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में जानकारी देने वाले यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल का भी उद्घाटन किया प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरा होने पर मिशन किसान कल्याण के तहत आज प्रदेश के सभी विकास खंडों में प्रदर्शनी और किसान मेलों का आयोजन किया गया है

उन्होंने कहा कि आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा वीमा योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है श्री योगी ने कहा कि किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ ग्ना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी श्री योगी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बाद मंडियां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगी मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर चीनी मिलों को बद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में बयालीस चीनी मिलें चलती थीं लेकिन पूर्व की बसपा और सपा सरकारों की नीतियों के कारण इनमें से अधिकतर चीनी मिलें बंद हो गई मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षो में चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं पिछले साल गोरखपुर के पिपराइच में चीनी मिल को शुरू किया गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय दस चीनी मिलें सफलतपूर्वक चल रही हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षों में गन्ना किसानों की एक लाख सत्ताईस हजार करोड़ रूपए की बकाया राशि का भुगतान किया है

इस प्रेक्षागृह का निर्माण लगभग बावन करोड़ रूपए की लागत से किया गया है मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोघन में कहा कि गोरखपुर में लंबे समय से सांस्कृतिक कर्मी और कलाकार एक प्रेक्षागृह की मांग कर रहे थे जो आज पूरी हो गयी उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक प्रेक्षागृह में सार्वजनिक कार्यक्रमों संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गयी हैं प्रेक्षागृह के मुख्य सभागार में एक हजार छिहत्तर और छोटे प्रेक्षागृह में दो सौ पचास लोगों के बैठने की व्यवस्था है

भारतीय रेलवे होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली पर उत्तर रेलवे ने इक्कीस से इकत्तीस मार्च के बीच अट्ठारह जोड़ी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है भदोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में एक कार और ट्रेलर की टक्कर में कार सवार तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बीती रात करीब बारह बजे हुई मृतक वाराणसी के बड़ागांव के रहने वाले थे